आजादी का अमृत महोत्सव कल से मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक पर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब को आवास देने के संबंध में प्रभावी कार्य किया गया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शौर्य स्थल पर शहीदों के सम्मान में माल्यार्पण करेंगे कार्यक्रम के दौरान पुलिस बैंड के साथ देशभक्ति गीत और भजन प्रस्तुत किए जाएंगे मंत्रिमंडल के सदस्य और जन प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम भगवदगीता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में स्वामी चिदभवानंद की ई भगवदगीता के किंडल संस्करण का विमोचन करेंगे और इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे भगवदगीता के इस संस्करण की पांच लाख से अधिक प्रतियां बिकने के सिलसिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है

इस अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई है वहीं ओंकारेश्वर में आज तड़के साधु और संतो ने नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना की और दिनभर पूजा अनुष्ठान का दौर चलता रहेगा बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर में विशेष प्रबंध किये गए हैं

राजधानी भोपाल के पास रायसेन जिले के प्राचीन भोजपुर शिव मंदिर में भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसमें स्वासथ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल होंगे रायसेन के दुर्ग पर स्थित सोमेश्वर धाम में मेला आयोजिल किया जा रहा है आगरमालवा के वैद्यनाथ मंदिर टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर महादेव और मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजा की जा रही है

रोजगार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार दिलवाने के लिए जिला स्तर पर संचालित अभियान में रस्म अदायगी नहीं चलेगी श्री चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रोजगार तथा स्व रोजगार योजनाओं और बैंकों को सम्मलित करते हुए जिला स्तर पर कार्य योजना विकसित करने को कहा

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बुरहानपुर और निवाड़ी में मार्च माह के अंत तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य है श्री चौहान ने वनाधिकार पट्टों के निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि वास्तविकता जानने के लिए वे स्वयं कुछ जिलों का दौरा करेंगे मौसम प्रदेश में मौसम में कई जगहों पर बदलाव आया है ग्वालियर चंबल संभाग में हल्कि बूंदाबांदी हुई है रीवा शहडोल सागर और ग्वालियर संभागों में तापमान सामान्य से अधिक रहा

इंदौर राजगढ़ नौगांव शाजापुर ग्वालियर और गुना में कोहरा छाया रहा मौसम विभाग ने आज राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर चंबल संभागों के जिलों और नीमच मंदसौर जिलों में हल्कि बारिश की संभावना जताई है

पक्षकारों और वकीलों से लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये अपील की गई

नमस्कार